पटना मेट्रो रेल परियोजना का पहले चरण में दो गलियारों का निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी मंत्रिमंडल ने पटना मेट्रो रेल के पहले चरण के निर्माण के लिए लगभग चार सौ तिरासी करोड़ रुपये आवंटन को स्वीकृति प्रदान कर दी मंत्रिमंडल विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि तीन साल के भीतर मेट्रो रेल सेवा शुरू हो जायेगी वहीं एक अन्य फैसले में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गुर्दे के प्रत्यारोपण की सुविधा के लिए कई पदों को स्वीकृति दी गयी है मंत्रिमडल ने पीएमसीएच के नेफ़ोलौजी और ट्रांसप्लांट विभाग के लिए उनतालीस नर्सिंग पदों के सुजन की स्वीकृति दी है सीतामढ़ी मंडल कारा में कुख्यात अपराधी के जन्मदिन मनाये जाने के मामले में जेल आईजी ने जेल अधीक्षक मिथिलेश कुमार को निलंबित कर दिया है गौरतलब है कि पिछले दिनों जेल के भीतर कुख्यात अपराधी पिंट् तिवारी द्वारा जन्म दिन मनाये जाने का वीडियो सामने आया था इसके बाद जेल अधिकारियों की टीम ने मामले की जांच की थी इसमें दोषी पाये जाने के बाद जेल अधीक्षक पर कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है मुजफ्फरपुर जिले के शहीद खुदी राम बोस केन्द्रीय जेल और शेखपुरा जिले के मंडल कारा में आज अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया दोनों जेलों में स्थानीय जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों ने कैदियों के विभिन्न वार्ड की जांच की मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने कहा कि निरीक्षण के दौरान केन्द्रीय जेल में कई कमियां पायी गयी है जिलाधिकारी ने जेल पदाधिकारियों को जेल मैनुअल का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया गोपालगंज जिले में पिछले दिनों एक ठेकेदार की हत्या के मामले में पुलिस ने आज आरोपी इंजीनियर सत्येन्द्र कुमार के घर की कुर्की जब्ती की पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के चकदौलत गांव में आरोपी इंजीनियर के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गयी घटना के बाद से ही आरोपी इंजीनियर फरार है गौरतलब है कि जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता पर रिश्वत लेने के मामले में ठेकेदार रमाशंकर सिंह को जिंदा जलाने का आरोप है इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था मामले में पूलिस ने विभाग के मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की है प्रदेश के बारह जिलों के विभिन्न प्रखंडों में आज जलशक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम सह मेला का श्रभारंभ किया गया कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने पटना से इस अभियान की शुरूआत की इसके तहत पटना गया नालंदा मुजफ्फरपुर बेगूसराय सारण कटिहार नवादा जहानाबाद गोपालगंज भोजपुर और वैशाली जिले में जल संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया जायेगा इसके अलावा पारंपरिक जलस्रोतों आहर तालाब पईन का जीर्णोद्वार किया जायेगा कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के जल संकट की आशंका वाले तीस प्रखंडों में यह अभियान चलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि पूरे देश में गया जिले ने जलशक्ति अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण की दिशा में बेहतर कार्य के लिए सातवां स्थान प्राप्त किया है पूर्व मध्य रेलवे का दानापूर मंडल ट्रेनों के परिचालन में समय अनुपालन के मापदंड पर देश में पहले स्थान पर रहा है जबकि फिरोजपुर मंडल दूसरे और अंबाला तीसरे स्थान पर रहा जारी रिपोर्ट के अनुसार दानापुर मंडल की समयबद्धता मेल एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियों में देश भर में सर्वाधिक अट्ठासी दशमलव चार सात फीसदी रही है मंडल रेलवे प्रबंधक रंजन प्रकाश ठाकुर ने इस पर संतोष जताते हुए कहा कि समय अनुपालन को लेकर और बेहतर प्रबंधन किये जा रहे हैं

राज्य सरकार ने लोक सेवा के अधिकार कानून के तहत इसे मंजूरी दी है वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी को भी तय सीमा के भीतर दस दिनों में वाहनों का रजिस्ट्रेशन नम्बर देना होगा परिवहन विभाग से सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि नया वाहन प्रद्षण जांच केन्द्र खोलने के लिए भी विभाग की ओर से आवेदन को तय समय सीमा के भीतर निष्पादित करना होगा शिवहर जिले में सर्वशिक्षा अभियान के तहत स्कूल में रसोई घर और भंडार कक्ष का निर्माण नहीं कराये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ ने डेढ़ दर्जन सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के वेतन पर रोक लगा दी है डीईओ ने इस संबंध में प्रधानाध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कुलाधिपति सह राज्यपाल फागू चौहान ने बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के प्रतिकुलपति प्रोफेसर राजकुमार मंडल को अगले आदेश तक विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है

कार्यशाला में यूनिसेफ की विकास संचार विशेषज्ञ मोना सिन्हा ने पोषण जनआंदोलन सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन पर जानकारी दी ब्यूरो के निदेशक विजय कुमार यूनिसेफ के सलाहकार सुधाकर सिंह और प्रसार भारती के कार्यपालक अभियंता विश्वमोहन कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे बक्सर स्थित राज्य का पहला ध्वनि और प्रकाश केन्द्र जल्द ही पर्यटकों के लिए खोल दिया जायेगा स्थानीय सांसद सह केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि इस केन्द्र को राम सर्किट से जोड़ने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं गौरतलब है कि पर्यटन से जुड़े सभी स्थलों को विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार ने पचास करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक संजीव राय ने आज कटिहार मंडल में पड़ने वाले विभिन्न जिलों के सांसदों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की इस दौरान स्टेशनों पर यात्री सुविधा सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर चर्चा की गयी

इस दौरान एक लाख तेरह हजार से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य है उग्रवाद प्रभावित मुंगेर जिले के लड़ैयाटांड़ थाना क्षेत्र के पहाड़ी से पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक कहर उग्रवादी को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मुक्तापुर गांव में पानी के गड्ढ़े में ड्रबने से दो छात्रों की मौत हो गयी इधर अररिया जिले के चौथम थाना अंतर्गत नवादा गांव में कोसी नदी में स्नान के दौरान एक किशोर की डूबकर मौत हो गयी

शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में सभी विद्यालयों को आवश्यक निर्देश दिये जा रहे हैं वहीं जिले के बिजली कार्यालय में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है तीन दिवसीय इस शिविर के पहले दिन आज बाईस मामलों की सुनवाई की गयी

इस प्रतियोगिता में बिहार का पहला मुकाबला पच्चीस सितम्बर को रेलवे से जयपुर में होगा